प्रदेश में शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि का भुगतान हितग्राहियों को इस महीने के अंत तक कर दिया जाएगा विधानसभा में पंचायत मंत्री ने की घोषणा

प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान सरगुजा और बस्तर संभाग में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ पड़ सकती है तेज बौछारें

शून्यकाल में कांग्रेस सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाते हुए स्थगन प्रस्ताव के जरिये सदन की बाकी कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग की कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव पर शासन की ओर से कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने वक्तव्य दिया इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने स्थगन प्रस्ताव को अग्राहय कर दिया लेकिन विपक्षी कांग्रेस सदस्य शासन के वक्तव्य से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने सदन से बहिर्गमन कर दिया आज मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने चालू वित्त वर्ष के लिए अड़तालीस सौ करोड़ रूपये का प्रथम अनुप्रक अनुमान पेश किया इस अनुप्रक बजट पर कल सदन में चर्चा होगी इसके अलावा पांच अन्य विधेयक भी सरकार द्वारा पेश किए गए इनमें राज्य वित्त आयोग संशोधन विधेयक छत्तीसगढ़ आधार विधेयक कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विधेयक तथा अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित संशोधन विधेयक शामिल हैं नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव द्वारा तीन सदस्यों अमित जोगी सियाराम कौशिक और आरके राय की दल बदल कानून के तहत विधानसभा सदस्यता समाप्त करने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को लिखे गए पत्र का मामला भी आज सदन में जोर शोर से उठा शून्यकाल में इस मामले को भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने उठाया भाजपा सदस्यों ने इस बारे में भी स्पष्टीकरण चाहा कि रेणु जोगी को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में क्यों नहीं बुलाया जाता इस मामले को लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच तीखी नोक झोंक हुई और काफी हंगामा हुआ इसके चलते सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित भी करनी पड़ी

वहीं तीन अन्य विधायकों की सदस्यता समाप्त करने से संबंधी नेता प्रतिपक्ष के पत्र के बारे में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह मामला विचाराधीन है और इसकी समीक्षा के बाद वे अपना निर्णय देंगे इसके अलावा आज विधानसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने छह जुलाई की तारीख तय की है

यह घोषणा आज विधानसभा में पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर ने की प्रश्नकाल में भाजपा विधायक देवजी भाई पटेल ने यह मामला उठाते हुए कहा कि प्रदेश में इससे संबंधित करोड़ों रूपए का भुगतान लंबित है मंत्री ने स्वीकार किया कि प्रश्न लगने के पहले तक छह सौ आठ करोड़ रुपये का भुगतान बाकी था श्री चंद्राकर ने आश्वासन दिया कि जल्द ही हितग्राहियों को पूरा भुगतान कर दिया जाएगा उन्होंने बताया कि लंबित भुगतान के मामले में तीन जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है मंत्रिपरिषद बैठक मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जो पचास लाख से ज्यादा नागरिकों को सिम कार्ड के साथ निःशुल्क स्मार्ट फोन देने जा रहा है राज्य सरकार की संचार क्रांति योजना की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश में दो चरणों में स्मार्ट फोन बांटे जाएंगे योजना के अंतर्गत राज्य के नब्बे प्रतिशत परिवारों को सरकार की विकास योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल शाम रायपुर में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई बैठक में संचार क्रांति योजना के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया गया बैठक में बताया गया कि योजना के तहत राज्य के सत्रह हजार गांवों में मोबाइल फोन के लिए फोर जी हाईस्पीड संचार सेवा उपलब्ध कराई जाएगी इसके लिए राज्य सरकार की ओर से लगभग डेढ़ हजार करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गई है गौरतलब है कि संचार क्रांति योजना छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स द्वारा संचालित की जाएगी बिजली आरकेसिंह केन्द्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने सभी राज्यों से कहा है कि वे इस साल के अंत तक सभी घरों में बिजली पहंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित धनराशि का उपयोग सुनिश्चित करें आज शिमला में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के बिजली मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र ने विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के तहत राज्यों को धनराशि दी है उन्होंने राज्य सरकारों से इस धनराशि से वर्ष के अंत तक हर घर में बिजली पहुंचाने का आग्रह किया

चुनावों को सुगम बनाने के बारे में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परामर्श गोष्ठी में श्री रावत ने कहा कि चुनाव आयोग काफी समय से दिव्यांगों के लिए मतदान को सरल बनाने पर विचार कर रहा है उन्होंने कहा कि अगले दस वर्षो की चुनाव सुधार संबंधी योजना में इस मुद्दे को प्रमुखता से शामिल किया गया है श्री रावत ने कहा कि दिव्यांगों के अनुकूल संचार नीतियां और मतदान केन्द्र तक सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने को भी विशेष प्राथमिकता दी जा रही है इस अवसर पर चुनाव सुधार से संबंधित एक मोबाइल ऐप भी जारी किया गया यदि चुनाव के दौरान कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो सी विजिल नाम के इस मोबाइल ऐप के जरिये इस गड़बड़ी की सूचना आयोग को दी जा सकती है श्री रावत ने बताया कि मोबाइल ऐप के जरिये गड़बड़ी की सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी

पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने बताया कि कोबरा बटालियन के जवान बीती रात गश्त पर निकले हुए थे आज सुबह चिंतलनार थाना क्षेत्र के अंतर्गत मर्कागुडा दारेल के जंगल में माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक माओवादी मारा गया जिसका शव बरामद कर लिया गया है बाद में घटनास्थल से तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है इसी जिले में माओवादियों ने सडक निर्माण कार्य से जुड़े एक ठेकेदार की हत्या कर दी ठेकेदार का शव जगरगुंडा मार्ग पर गोरुंडा गांव के पास बरामद किया गया है जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने बताया कि यह ठेकेदार किसी काम से तेतरई गांव गया हुआ था वहीं से माओवादियों ने ठेकेदार को अगवा कर लिया और उसकी हत्या कर दी कांग्रेस घेराव प्रदेश कांग्रेस ने आज भूमिहीनों को पट्टा देने की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को राजधानी के अवंति बाई लोधी चौक पर ही बैरीकेड लगाकर रोक दिया इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमाझटकी भी हुई इस मौके पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकास उपाध्याय ने राज्य सरकार पर भूमिहीनों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि बार बार मांग किए जाने के बावजूद सरकार ने भूमिहीनों को पट्टा देने के लिए कोई त्वरित कदम नहीं उठाया है मौसम प्रदेश में उत्तरी और दक्षिणी भाग में मानसून के सक्रिय होने के कारण इन दिनों मध्यम से तेज वर्षा हो रही है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार बीते चौबीस घंटों के दौरान बस्तर संभाग के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा दर्ज की गई सुकमा में सात और छिंदगढ़ में छह सेंटीमीटर वर्षा हुई अगले चौबीस घंटों के बारे में अनुमान है कि सरगुजा और बस्तर संभाग में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ सकती है वहीं मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है संक्षिप्त समाचार रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कृषि उद्यानिकी और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो गई है यह प्रक्रिया पंद्रह जुलाई तक चलेगी

इसके लिए पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है

इस बैंक में पुलिस कर्मचारी ही अपने खाते खुलवा सकेंगे कोरबा जिले के करतला वन परिक्षेत्र में हाथी के हमले से एक महिला की मौत हो गई कोंडागांव जिले मे आज वन महोत्सव हरियाली त्योहार मनाया गया